उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की खण्डपीठ अयोध्या भूमि विवाद की सुनवाई आज से करेगी शुरू सपा बसपा ने चुनाव गठबंधन को दिया विस्तार दोनों दल उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में मिल कर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास राष्ट्रीययुद्व स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया उन्होंने युद्व स्मारक परिसर के केन्द्रीय स्तम्भ में अमर ज्योति प्रज्जवलित की यह स्मारक आजादी के बाद देश की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों के सम्मान में बनाया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना विश्व में सबसे साहसी सेनाओं में से एक है स्मारक को राष्ट्र को समर्पित करने से पहले श्री मोदी मेजर ध्यान चन्द राष्ट्रीय स्टेडियम में पूर्व सैनिकों को सम्बोधित कर रह थे राष्ट्रीय समर स्मारक की मांग कई दशक से निरंतर हो रही थी लेकिन कुछ ठोस नहींहो पाया

साथियों ये स्मारक इस बात का भी प्रतीक है कि संकत्य लेकर उसे सिद्धकैसे किया जाता है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना ने हमेशा चुनौतियां स्वीकार की हैं और कारगर ढंग से उनका जवाब दिया है श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार भारतीय सशस्त्र बलों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है प्रधानमंत्री ने प्लवामा के शहीदोंको श्रद्वांजलि अर्पित की उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना लागू की और अब तक पैंतीस हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि पूर्व सैनिकों को दी जा चुकी है प्रधानमंत्री ने सशस्त्र बलों के लिए तीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की भी घोषणा की कांग्रेस पर अप्रत्यक्ष हमला बोलते हुए श्री मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल राफेल लड़ाकू विमान की खरीद में अड़ंगा लगा रहे हैं क्योंकि उसके कई वरिष्ठ नेता वीवीआईपी हैलिकॉप्टर सौदे सहित विभिन्न रक्षा सौदों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में शामिल हैं बोफोर्स से लेकर हेलीकॉप्टर तक सारी जांच का एक ही परिवार तक पहुंचना बहुत कुछकह जाता है अब ये ही लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं कि भारत में राफेल विमान आ ही न सके अगले कुछ महीनों में जब देश का पहला राफेल भारत के आसमान में उड़ान भरेगा तो खुद हीइनका सारी कोशिशों का साजिशों को ध्वस्त कर देगा इस अवसर पर रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने बहादुर सैनिकों की स्मृति में स्मारक का निर्माण कर अपना वायदा निमाया है आकाशवाणी से बातचीत में पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किए जाने को ऐतिहासिक कदम बताया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में चार विन्यासचक्र हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छात्रों से नई तकनीक की मदद से आगे बढ़ने का आहवान किया है श्री कोविंद ने कल कानपुर के डीएवी कॉलेज के शताब्दी समारोह के उद्घाटन अवसर पर बोलते हुए कहा कि मौजूदा दौर विज्ञान और तकनीकी का युग है छात्रों को अपने निजी और व्यवसायिक जीवन में समायोजन के साथ नई चुनौतियों का सामना करना चाहिए आज का समय टेक्नोलॉजी का समय है और आने वाला समय आर्टीफिशियल इंटैलिजैंस का होगा आप लोगों को नए प्रकार की चुनौतियों का सामना करना है ऐसी स्थिति में अपने उज्जवल भविष्य के लिए आपको नए दौर के नए सामनों का उपयोग करना होगा

राष्ट्रपति ने कहा कि ज्ञान आधारित शिक्षा आज की ज़रूरत है और यह हर क्षेत्र में छात्रों को व्यापक अवसर प्रदान करेगी उन्होंने कहा कि भारत ने तकनीकी क्षेत्र में वैरिवक स्तर पर नाम कमाया है बाद में श्री कोविंद ने बीएनएसडी इंटर कॉलेज में आयोजित पूर्व छात्र समागम और शिक्षा निकेतन के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ जीविकोपार्जन के लिये अवसर तलाश करना नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनना होना चाहिये श्री कोविंद ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को समाज के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिये और जानकारी हमारे संवाददाता से डीएवी कॉलेज मैदान में मौजूद लोगों की आंखे उस समय नम हो गई जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूलवामा आतंकी हमले के शहीदों को अपनी श्रद्वाजलि अर्पित की

इससे पहले राष्ट्रपति श्री कोविंद के यहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया गौरतलब है कि राष्ट्रपति इस संस्थान के छात्र रह चुके है जहां से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी श्री कोविद ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई जी की एक प्रतिमा का भी अनावरण किया

श्री कोविंद ने कानपूर के रूमा इलाके के दयोरी घाट पर श्रीबालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कैदिनेट मंत्री सतीश महाना भी मौजूद थे बाद में उन्होंने धम्म कल्याण केन्द्र स्थित अंतर्राष्ट्रीय विपश्यना ध्यान केन्द्र के पुरूष निवास भवन का भी लोकार्पण किया केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केन्द्र और राज्य सरकारे सबका साथ सबका विकास की संकल्पना पर काम कर रही है श्री सिंह ने कल लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की महानगर इकाई द्वारा आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही उन्होंने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार ने पिछड़े वर्ग के हितों के लिये अनेक काम किये हैं तथा इस तबके के कल्याण के लिये अन्य कदम उठाने के लिये प्रतिबद्द है उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निराकरण के लिये सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर उसे और प्रभावी बनाया है सम्मेलन में प्रदेश के विधि मंत्री बूजेश पाठक चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टण्डन राज्यसभा सदस्य अशोक बाजपेई सहित कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश के वन क्षेत्रों में अवैध कब्जों के बारे में दिये गये आदेश के क्रम में शीर्ष न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में अधिकारियों को ज़रूरी प्रक्रिया श़ुरू करने का निर्देश दिया है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका का संज्ञान लेते हुए आदेश दिया है कि वनों में रह रहे ऐसे लोग जो खुद को वन निवासी सिद्व करने में विफल रहे हैं उन्हें वन क्षेत्रों से बेदखल किया जाये न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने यह आदेश देते हुए उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि वह इस आदेश की अनुपालन रिपोर्ट चौबीस जुलाई को दाखिल करें उच्चतम न्यायालय अयोध्या के रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की आज सुनवाई करेगा इसके लिए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशोंकी संविधान पीठ गठित की गई है इस बीच भारतीय जनता पार्टी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन देकर तुरंत सुनवाई की मांग की उन्होंने आवेदन में विवादित भूमि पर पूजा के मौलिक अधिकार लागू करने की मांग की है न्यायालय ने सुब्रमण्यम स्वामी से आज सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने को कहा है प्रदेश के बाद समाजवादी पार्टी और बहजन समाज पार्टी गठबंधन ने कल उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी मिल कर आगामी लोकसभा च्नाव लड़ने का फैसला किया है दोनों पार्टियों की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में पौड़ी सीट और बसपा राज्य की बाकी सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी तीन और बसपा बाकी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में लघ् और सीमांत किसानों के बैंक खातों में पहली किस्त के रूप में दो दो हज़ार रूपये पहुंच गये हैं कूशीनगर में अब तक अड़तीस हज़ार से अधिक किसानों को यह धनराशि हासिल हो चुकी है उधर अयोध्या ज़िले में स्थानीय सांसद लल्लू सिंह ने कल किसानों को पीएम किसान योजना के तहत उन्हें प्रमाण पत्र सौंपे और पहले ही दिन इकसठ हज़ार किसानों को इसका लाभ हासिल हुआ है उनके खातों में लगभग बारह करोड़ रूपये अंतरित किये गये लॉस एंजलिस में आयोजित ऑस्कर फ़िल्म समारोह में भारतीय फिल्म पीरिएड इन्ड ऑफ़ सेन्टेंस को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सबजेक्ट श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार मिला है इस लघु वृत चित्र की निर्माता गुनीत मोंगा है यह फिल्म महिलाओं के मासिक धर्म के कारण उन्हें समाज से अलग रखने के बारे में है इस पूरी फ़िल्म का फ़िल्मांकन प्रदेश के हापुड़ ज़िले के काठीखेड़ा गांव में किया गया है